लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चौवालीसवीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी जा रही है इस अवसर पर आयोजित एकता दौड़ और अन्य कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित मुख्य समारोह में सरदार पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित किये ट्वीटर पर अपने श्रद्धांजलि संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान रहा है इधर राजधानी दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इससे पहले आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने आध्रनिक भारत के एकीकरण की नींव रखी थी बाईट भारत माता का मानचित्र है देश का एक नक्शा जो हमें दिखाई पड़ता है वो एक भारत जो आज हम देख रहे हैं वो केवल और केवल सरदार पटेल के कारण है भारत आजाद होने के बाद साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों में देश को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया पूरी दुनिया और पूरा देश उस वक्त मानता था भारत को आजादी तो मिली मगर भारत बिखर जायेगा

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए हटा कर देश में आतंकवाद पनपने के रास्ते को बंद कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इन दोनों अनुच्छेदों को कोई भी सरकार छूने का साहस तक नहीं करती थी इधर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लौह पुरूष की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है पटना में यह दौड़ सुबह सात बजे राजभवन गोलम्बर से शुरू हुई और राजधानी वाटिका में सम्पन्न हुई विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पश्चिम चम्पारण जिले में सशस्त्र सीमा बल की चौवालीसवीं बटालियन द्वारा नरकटियागंज के शिकारपुर थाना से चीनी मिल स्टैंड तक राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गयी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पैंतीसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीटर पर अपने संदेश में इंदिरा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सात नवम्बर को होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी को स्थगित कर दिया है बोर्ड के अनुसार एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग विधि विभाग से परामर्श कर रहा है विधि विभाग से मिले परामर्श के आधार पर एसटीईटी और शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के आयोजन की तिथि फिर से निर्धारित की जायेगी गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एसटीईटी दस साल बाद हो रही है इस दौरान कई अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो गई इसलिए समिति को आयुसीमा बढ़ानी होगी सर्दी के मौसम के मद्देनजर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में फेरबदल किया गया है कल से अगले वर्ष मार्च तक आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक ही होगा इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी किया गया है उपचुनाव में नवनिर्वाचित पांच विधायकों को आज शपथ दिलायी जायेगी

चौबीस अक्टूबर को समपन्न मतगणना में बेलहर से राजद के रामधारी यादव सिमरी बख्तियारपूर से राजद के जफर आलम नाथनगर से जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल दरौंदा से निर्दलीय करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और किशनगंज से एआईएमआईएम के कमरुल होदा ने जीत दर्ज की है लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो रहा है महापर्व के पहले दिन छठव्रती नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरूआत करेंगे कल खरना होगा शनिवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और रविवार की सुबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा प्रदेश में विभिन्न नदी पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंर्दयीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है नहाय खाय को लेकर सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि देव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में छठ पूजा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्वालु पहुंचने लगे हैं

करोड़ों श्रद्धालुओं की अट्ट आस्था का केन्द्र है छठ मेले में यहां हर बार आठ से दस लाख लोग आते हैं और भगवान भास्कर के मंदिर में पूजन अर्चन कर अपने को धन्य मानते हैं लोक मान्यता है कि देव के सूर्य मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन करने से भगवान के साक्षात उपस्थिति की अनुभूति होती है और यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर राजधानी पटना में छठ व्रतियों की सुविधा के मददेनजर प्रशासन ने दो नवम्बर को दिन के बारह बजे से शाम सात बजे तक और तीन नवम्बर को सुबह दो बजे से आठ बजे पूर्वाहन तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है वहीं गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिये व्यापक इंतजाम किये हैं पटना के घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है छठ को लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है नदी और तालाबों के आसपास गोताखोर तैनात किये जायेंगे भीड़ भाड़ वाले घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जा रहे हैं उधर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिये विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं वहीं छठ को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है पर्व की तैयारियों को लेकर सूप दउरा मिट्टी का चूल्हा फल और अन्य छठ सामग्री की खरीददारी होने लगी है ग्रामीण इलाकों में भी छठ से जुड़ी सामग्री की खूब बिक्री हो रही है राज्य पथ परिवहन निगम ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना एयर पोर्ट से वैशाली मुजफ्फरपुर और छपरा के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली मुम्बई समेत अन्य शहरों से आने वाले श्रद्दालुओं को अपने घरों तक जाने में परेशानी न हो इसलिए छपरा और मुजफ्फरपुर के लिए तीन तीन बसों का परिचालन किया गया है गया जिले के कोंच में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन की रामपुर थाना अन्तर्गत एपी कॉलोनी इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस ने शुरूआती जांच के बाद इसे आत्महत्या का मामला बताया है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है मूजफ्फरपूर जिले के औराई प्रखंड के अस्पताल में नर्स डॉक्टर्स और सिविल सर्जन से दुर्व्यवहार के मामले में जिलाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच का आदेश दिया है उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को औराई प्रखंड परिसर में धारा एक सौ चौवालीस लगाने का भी आदेश दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी घोषणा को सुर्खी बनाते हुये लिखा है झारखंड और दिल्ली में अकेले लड़ेंगे दैनिक जागरण ने जम्मू कश्मीर के दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बंटने की खबर को प्रमुखता से लिया है अखबार का शीर्षक है आज से एक देश एक विधान एक निशान छठ पूजा की तैयारियों से संबंधित खबरों को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है प्रभात खबर लिखता है नहाय खाय के साथ आज से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व दैनिक भास्कर की सुर्खी है डेड लाईन खत्म दस फीसदी छठ घाट ही तैयार दैनिक आज का शीर्षक है आधार में नाम जेंडर और जन्म की तारीख बदलने पर पाबंदी